नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में कहा कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने तेजी से काम करते हए कोरोना का स्वदेशी टीका विकसित किया और भारत के लिए गौरव की बात है कि यहां बने टीके दुनिया भर में जा रहे हैं महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि का पर्व आज प्रदेशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है प्रदेश में स्थित शिवालयों में आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और मंदिरों में चल रहे भजन कीर्तन से सारा वातावरण भक्तीमय बना हुआ है श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर पूष्प व बिल्व पत्र चढ़ाकर दूध और जल से अभिषेक किया राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ैशिमला जिले के हाटकोटी मंदिर परिसर में स्थित प्राचीन शिवमंदिर में पूजा अर्चना की उन्होंने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की राज्यपाल ने सरस्वतीनगर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने पर बल दिया मंडी शिवरात्रि इस बीच मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव कल से शुरू हो रहा है

इस ैअवसर पर ऐतिहासिक पड्डल मैदान में शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें दो सौ से अधिक देवी देवता भाग लेंगे प्रशासन द्वारा महोत्सव के दौरान कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं मंडी की पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए पुलिस जवान तैनात किर्ये गए है

हर सैक्टर का पर्यवेक्षण एक राजपत्रित अधिकारी करेगा

वन मंत्री राकेश पठानिया ने शोभायात्रा में भाग लेकर इसका शुभारम्भ किया उन्होंने लोगों को शिवरात्रि महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार बैजनाथ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है उन्होंने लोगों से महोत्सव के दौरान कोरोना महामारी को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की

वीरेंद्र कंवर हिमाचल व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर से ऊना ज़िले के थनाकला में भेंट की और उनसे मार्केट फीस बंद करने की मांग की व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने तीन कृषि कानूनों को अस्थायी रूप से रिजर्व रखा है ऐसे में मार्केट फीस दोबारा लगाना तर्क संगत नहीं है वीरेंद्र कवर ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया राजेंद्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि पानी की किल्लत वाले इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और प्रदेश में अगले वर्ष तक हर घर को नल के माध्यम से जल मुहैया करवाने का लक्ष्य रखा गया है बिलासपुर जिले की घुमारवीं पंचायत में आज महाशिवरात्रि पर्व पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में इस वर्ष जून तक हर घर को नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल दिया जाएगा किशन कपूर सांसद किशन कपूर ने केंद्र सरकार से प्रदेश के हर गांव को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ने का आग्रह किया है

उन्होंने केंद्र से जनसंख्या व अन्य मानकों के संबंध में भी हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों को छूट देने का अनुरोध किया